आयोग ने सभी राजनीतिक दलो के प्रमुखो को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नही होना चाहिए मतभेद या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरो में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा और किसी भी उपासना स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नही होना चाहिए

अपर सुबनसिरि के दापोरिजो में कल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने यह बात कही उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पैसे की संस्कृती को निरुस्ताहित करना चाहिए श्री खांडू ने कहा कि राज्य के कई जिलों में अपराधिक रिकोर्ड के साथ कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अवसर दिए गए है बहरहाल उन्होंने कहा की चुनाव के बाद कुछ उच्च प्रोफाइल के भ्रष्ट लोगो के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी

वायुसेना ने कहा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है

चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने में एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका पर सी विजिल बल देता है यह एप लाइव फोटो या विडियो बनाता है और एप में मौजूद ओटो लोकेशन केपचर जगह को केपचर कर फ्लाईंग स्कवाड तक संदेश पहुचा देता है ताकि वे समय सीमा के अंदर कार्रवाई कर सके किसी भी एण्डरोईड स्मार्टफोन जिसमें केमरा अच्छी इनटरनेट कनेक्शन और जी पी एस हो उसमें इस एप को इंस्टॉल किया जा सकता है चुनाव से जूड़े मामलो के लिए नागरिक सिधे टोल फ्री नंबर एक नौ पांच शुन्य पर भी सीधे संपर्क कर सकते है

कुल सात सौ उनसठ उम्मीदवारों में से पाच सौ सत्ततर पुरुष और एक सौ बयासी महिला उम्मीदवारो के नामो को आयोग ने विभिन्न सेवाओ में नियुक्ति के लिए संस्तुति दे दी है छत्तीस दिव्यांगजनों को भी आयोग ने संस्तुति की है वही दो अरुणाचली उम्मीदवार ओजिंग दामेंग और तेची कुमार भी इस प्रतिष्ठित परीक्षा में उत्रीण हुए ओजिंग दामेंग छह सौ इक्कावन रेंक पर और कुमार छह सौ बयासी रेंक पर अपना स्थान बनाया

केरल में नामांकन पत्रो की जांच के बाद कल दो सौ बयालीस नामाकंन किए गए और इकसठ खारिज कर दिए गए वायनाड में सबसे अधिक बाइस उम्मीदवार है बिहार में जांच के बाद सत्तासी नामांकन वैध पाये गए यहा कुल एक सौ चौदह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे बिहार मे गश्त और वाहनों की जांच के दौरान तीन करोड़ पचास लाख से ज्यादा रुपए और अट्ठारह लाख बारह हजार की नेपाली मुद्रा जब्त की गई इसके अलावा लगभग पचास हजार लीटर शराब मादक पदार्थ और बारह किलो चॉदी भी जब्त की गई है अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नेपाल से लगी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है असम में उनसठ नामांकन वैध पाए गए है जबकि कर्नाटक में जांच के बाद उम्मीदवारों की संख्या दो सौ अठासी रह गई है नाम वापस लेने का आखिरी दिन सोमवार है इसके बाद तीसरे चरण में चूनाव लड़ रहे उम्मीदवारो की कुल संख्या का पता चल पाएगा